राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया शिमला के पोर्टमोर स्कूल का औचक निरीक्षण छात्राओं को पढ़ाया परिश्रम अनुशासन संस्कार और देशभक्ति का पाठ

प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी के स्वागत में फुलकोर्ट रैफरेंस आयोजित दशहरा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आज लंका दहन के साथ ही ध्रमधाम से संपन्न हो गया

समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की

मुख्यमंत्री ने देवताओं के गुर को एक हज़ार रूपये भत्ता देने की भी घोषणा की गुरों को पहली बार इस तरह का भत्ता मिलेगा उन्होंने दशहरा आयोजन को सफल करार दिया और कहा कि इसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा गया जो आगे भी जारी रहेगा मुख्यमंत्री ने बजंतरियों के देवधुन कार्यक्रम की भी सराहना की दशहरा उत्सव सपंन्न होने के साथ ही जहां भगवान रघ्नाथ अपने सुल्तानपुर स्थित मंदिर ले जाएग गए वहीं घाटी के सभी देवी देवता भी अपने अपने देवालयों के लिए लौट गए इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव के बाद फिलहाल उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है उन्होंने कहा कि इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नेरचौक मनाली फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य डेढ़ साल में पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कुल्लू में नवनिर्मित प्रैस क्लब भवन का भी उद्घाटन किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर का औचक निरीक्षण किया राज्यपाल इस दौरान विभिन्न कक्षाओं में गए और छात्राओं से उनके विषय से संबंधित कई सवाल पूछे राज्यपाल ने विषय से हटकर छात्राओं से स्कूल की सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की भी जानकारी ली दत्तात्रेय ने इस मौके पर छात्राओं को सम्बोधित करते हुए उन्हें परिश्रम अनुशासन संस्कार और देशभक्ति को जीवन में अपनाकर सफलता हासिल करने का आहवान किया उन्होंने छात्राओं को महात्मा गांधी स्वामी विवेकानन्द और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ने को कहा उन्होंने कहा कि हर छात्रा देश के लिए कोई न कोई कार्य देश के लिए निर्धारित करे और उस पर अमल करे कटवाल झंडूता के विधायक जेआर कटवाल ने कहा है कि रूकमणि कुंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं उन्होंने आज रूकमणि कुंड का दौरा करने के बाद कहा कि इस कुंड से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हर साल हज़ारों लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं ऐसे में ये स्थान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की द्रष्टि से काफी उपयुक्त है डीसी चंबा उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने लोक निर्माण विभाग व एनएच अधिकारियों को जिला में विभिन्न सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में ये साईन बोर्ड उन स्थानों पर लगाए जाएं जहां बाहर से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा रहती है उपायुक्त आज चंबा में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उपायुक्त ने ये भी कहा कि पुलिस विभाग और राज्य पथ परिवहन निगम ने भी ज़िले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की है सम्मेलन किन्नौर लोक सांस्कृतिक धरोहर कला मंच द्वारा आज रिकांगपिओ के रामलीला मैदान में एक महा सम्मेलन का आयोजन किया गया इस सम्मेलन में किन्नौर के पुराने और नए कलाकारों के साथ शहनाई वादकों और मूर्तिकारों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने की धरोहर कला मंच के अध्यक्ष रघुवीर नेगी इस मौके पर कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य किन्नौर की लुप्त हो रही संस्कृति और वेशमूषा को बचाए रखना तथा नये और पुराने कलाकारों में सांमजस्य स्थापित करना था

धर्मशाला में आज सत्तादल भाजपा की ओर से अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी विशाल नैहरिया के लिए वोट मांगे विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक आशा कुमारी और विप्लव ठाकुर व चंद्र कुमार ने चुनाव प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण के लिए वोट मांगे सतपाल सत्ती ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने जितने विकास कार्य दो वर्ष में धर्मशाला में किए हैं उतने कांग्रेस अपने आज तक के कार्यकाल में नहीं कर पाई है उधर पच्छाद में भाजपा की ओर से आज सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह और सरकार में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने जबकि कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर विधायक धनराम शांडिल मोहन लाल ब्राक्टा और नंदलाल ने चुनाव प्रचार कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल से पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस महासचिव रनजीश किमटा ने कहा है कि अगर राज्य चुनाव आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह के चुनाव प्रचार पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो इसकी शिकायत राष्ट्रपति से की जाएगी किमटा ने राज्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया और आरोप लगाया कि वह भारी दबाव में काम कर रहा है उन्होंने कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में आदर्श च्नाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और आयोग इसे अनदेखा कर रहा है बिंदल और महेन्द्र सिंह के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज शिमला में मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें इन दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने पर रोक लगाने की मांग की गई है उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी के स्वागत में आज उच्च न्यायालय में फूल कोर्ट रैफरेंस का आयोजन किया गया इस मौके पर न्यायमूर्ति स्वामी ने कहा कि न्यायपालिका देश में लोगों को न्याय दिलवाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि वह न्यायपालिका को मजबूत बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे

संचार सुविधा जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के दुर्गम क्षेत्र चौखंग नैनगार इलाके में संचार सुविधा न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सर्दियों के दौरान ये क्षेत्र चार महीने के लिए ज़िला मुख्यालय से कटा रहता है ऐसे में इस इलाके के लोग घाटी से बाहर या भीतर अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क नहीं कर पाते हैं मूरिंग पंचायत के प्रधान गणेश लाल ने सरकार से मांग की है कि इस क्षेत्र में तुरंत संचार सुविधा उलब्ध करवाई जाए क्योंकि घाटी का यही एकमात्र क्षेत्र है जहां अभी तक भी संचार सुविधा नहीं है

ये चुनाव सभा के निदेशक मण्डल की बैठक में सम्पन्न हुए एनपीएस न्यू पैंशन स्कीम एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम तुरंत बहाल करने की मांग की है एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरव वैद्य ने आज परागपुर में न्यू पैंशन स्कीम से संबंधित पंचायत सचिवों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नई पैंशन स्कीम कर्मचारी विरोधी है

शिविर का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार ने स्वयं रक्तदान कर किया

कुलपति सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान मरीजों का जीवन बचाने और समाज में समरस्ता का संदेश देता है